पुरस्कार समिति ने भारतीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में श्री मोदी के योगदान की सराहना की और कहा कि गरीब और अमीर के बीच सामाजिक तथा आर्थिक असमानता में कमी लाने का श्रेय मोदीनोमिक्स को जाता है प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सियोल शांति पुरस्कार की एक करोड़ तीस लाख रूपये की राशि नमामि गंगे कोष को दी जाएगी सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना सभी भारतीयों के लिए एक गर्व का क्षण है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के मार्गदर्शन में देश ने जबरदस्त प्रगति की है वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने प्रधानमंत्री को मिले सियोल शांति सम्मान पर खुशी जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को मिला सम्मान सरकार की नीतियों को वैश्विक स्वीकृति है ऋणमाफी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल रतलाम जिले से जय किसान ऋणमाफी योजना के तहत किसानों के ऋण खातों में ऋण माफी की राशि अंतरण की कार्यवाही का शुभारंभ किया

सम्मेलन में चालू ऋण खाता धारक किसानों को कालातीत फसल ऋण माफी के प्रकरणों में ऋण माफी पत्र प्रदान किये जाएंगे जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन के बाद संबंधित बैंक में योजना के प्रावधान के अनुसार राशि जमा कराई जायेगी गोविंद सिंह सहकारिता मंत्री तथा भोपाल जिले के प्रभारी डॉ गोविंद सिंह ने कल जय किसान फसल ऋण माफी योजना की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक में तहसीलवार किसान सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की बैठक में सम्मेलन की तारीखें तय की गई

भोपाल जिले का द्वितीय सम्मेलन बैरसिया में एक मार्च को होगा

गडकरी केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल जबलपुर में प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओव्हर का शिलान्यास किया

फ्लाई ओव्हर बनने से इन मार्गों पर यातायात का दबाव कम होगा उदघाटन के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि जबलपुर में जल्द ही रिंगरोड का कार्य भी शुरू हो जायेगा

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में ऐसी सड़के बनाई जा रही है जिनमें कई वर्षो तक गड्डे नहीं होंगे राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे डिग्री लेने के बाद सरकारी नौकरी की जगह उद्यमी बनने की दिशा में प्रयास करें उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से कहा कि वे अपने शोध को समाज के लिए उपयोगी बनाएं जिससे देश में पैदा हो रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीति निर्धारकों को आवश्यक दिशा और आंकड़े मिल सके श्रीमती पटेल कल अनूपपुर जिले के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार भवन का लोकार्पण कर रही थी राज्यपाल ने बच्चों के कुपोषण को चुनौती बताते हुए शोधकर्ताओं से कहा कि वे इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान खोजे वे इस प्रकार की दवाइयां बनाएं जिसे बच्चे होम्योपैथी की दवाई की तरह रूचिपूर्वक सेवन कर सके उन्होंने आदिवासियों द्वारा जंगल से प्राप्त किए जाने वाले उत्पादों का बेहतर प्रर्योग कर बाजार तक पहुंचाने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई

कार्यशाला मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना में पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल इसकी अध्यक्षता करेंगे कार्यशाला में पंचायत राज की बारीकियों और कार्य प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाएगी कार्यशाला में भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच उप सरपंच पंच प्रदेश की जिला और जनपद पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सम्मिलित होंगे ग्राम पंचायतों में ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत कार्यरत स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित होंगे

खनन नीति मध्यप्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई रेत खनन नीति को दोष पूर्ण बताते हुए कहा कि इसे लोकसभा चुनाव के बाद बदल दिया जायेगा श्री जायसवाल ने पंचायतों को आवंटित रेत खदान पर सवाल खड़े करते हुये कहा कि कहीं न कहीं ये दोष पूर्ण हैं क्योंकि पंचायतों के पास संसाधनों का अभाव है और खदानों में दलालों का प्रभाव है उन्होंने आगे कहा कि पंचायतों को आवंटित खदानों की जांच कराई जायेगी साथ ही दोष पूर्ण इस प्रणाली पर रोक लगाने की कर्रवाई कर लोकसभा चुनाव बाद नई रेत खनन नीति बनाई जाएगी मरकाम समीक्षा प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में समय रहते पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए

उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर चिंता व्यक्त की

इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ